मुख्यमंत्री ने कहा चारधाम में हक हकूक धारियों के हितों का रखा जाएगा पूरा ध्यान

देहरादून में गृह विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने यातायात प्रबन्धन और ड्रग्स की प्रवृत्ति को रोकने वाहन चोरी पर प्रभावी नियन्त्रण युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से रोकने के लिये स्कूल और कॉलेजों में नियमित रूप से जन जागरूकता अभियान संचालित करने पर बल दिया उन्होंने पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने देहरादून में बहुउद्देशीय पुलिस भवन के निर्माण थाना विविध निधि बढ़ाये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की बैठक में मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर किये जाने वाले चालान के समय संबंधित कार्मिकों से आम जनता के साथ शालीनता से पेश आने को कहा है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदीय पुलिस अधीक्षकों से भी कानून व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त की राज्यपाल समीक्षा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में कुलपतियों और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सख्त निर्देश दिए कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों को अंक तालिका तत्काल उपलब्ध कराया जाए और प्रमाण पत्र एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से देने के निर्देश दिए इसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों को डिजिटल लॉकर्स के माध्यम से जिसमें प्रमाण पत्र अंक तालिका और डिग्री उपलब्ध करायी जाए राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को समीक्षा बैठक के सभी प्रकरणों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट एक माह के भीतर राजभवन को भेजने के निर्देश दिए डोबरा चांठी पुल टिहरी को प्रतापनगर से सीधे जोड़ने के लिए निर्माणाधीन डोबराचांठी पुल बनकर लगभग तैयार है डोबराचांठी पुल की सतह को आपस में जोड़ने का काम पूरा किया जा चुका है रेलिंग और कोटिंग के बाद रोड सेफ्टी की एनओसी लेने के बाद इस पर अगले वर्ष मार्च तक लोगों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी सीएम डैशबोर्ड पर लोकनिर्माण विभाग की परफोर्मेंस इंडिकेटर में डोबराचांठी पुल प्रमुख बिंदु है मुख्यमंत्री ने स्वयं इसके काम की प्रगति पर लगातार नजर रखी

कई अन्य संस्थाओं के असफल हो जाने के बाद कोरियन कंपनी से इसकी डिजायनिंग कराई गई

टिहरी आने वाले पर्यटक प्रतापनगर भी आ सकेंगे आवागमन की सुविधा होने से क्षेत्र की आर्थिकी में भी इजाफा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऊधमसिंह नगर जिले को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से बालिकाओं के संरक्षण और उनको सशक्त करने के लिये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पिछले पांच वर्षो में किये गए कामों के लिए और लिंगानुपात की लगातार सुधार के लिए पुस्कृत किया गया केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पिछले दिनों दिल्ली में ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी डॉ नीरज खैरवाल को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अवार्ड से सम्मानित किया यह पुरस्कार देशभर के में केवल पांच जिलों को दिया गया है जिनमें ऊधमसिंह नगर को तीसरा स्थान मिला

जिलाधिकारी डॉ नीरज खैरवाल ने कहा कि अभियान के तहत जिले के सभी जिम्मेदार विभागों ने बेहतरीन काम किया है और उसी का नतीजा है कि हम आज बेहतर रिथति में हैं

देहरादून में चारधाम विकास परिषद के सदस्यों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम के बेहतर प्रबन्धन के लिये सभी को सहयोग करना चाहिए चारों धामों के बेहतर प्रबन्धन के लिये ही चारधाम विकास परिषद का गठन किया गया है इस अवसर पर चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष आचार्य शिव प्रसाद मंमगाई ने कहा कि परिषद के अध्यक्ष के स्तर पर चारों धामों में व्यवस्थाएं संचालित होती रहेंगी उन्होंने चारों धामों के बेहतर प्रबंधन के लिये सभी से अपना सहयोग देने को कहा है

देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम आवास में स्वर्गीत पंत ने चित्र पर श्रद्वासुमन अर्पित किये उन्होंने कहा कि पंडित गोविन्द वल्लभ पंत प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुशल राजनेता और विधिवेता थे हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही उधर अल्मोड़ा जिले में स्वर्गीत पंत के पैतृक गांव खूट में उनकी जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया इस मौके पर प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान सांसद अजय टम्टा समेत कई अधिकारी और गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये वहीं जिलाधिकारी दीपेन्द्र चौधरी ने जिला कलेक्ट्रेट भवन में गोविन्द्र बल्लभ पंत जी के स्मारक पर पुष्प चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि दी

जिले के सभी कर्यालयों और स्कूलों में भी पंत जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया स्कूलों में निबन्ध प्रतियोगिता व्याख्यानमाला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया खेल विभाग द्वारा क्रॉस कंट्री रेस आयोजित की गई उधर बागेश्वर में पंत चौक समेत जिले के सभी विभागों में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वर्गीय पंत को श्रद्वासुमन अर्पित किए गए इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ ने कुली बेगार और जमींदारी उन्मूलन के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ी और समाज से इन बुराइयों को मिटाने में अहम भूमिका निभाई चंपावत जिले में भी पंतजीत की जयंती मनाई गई जिला सभागार में आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने स्वर्गीय पंत के जीवन मूल्यों और विचारों से प्रेरणा लेने की बात कही जिले के टनकपुर में खेलकूद समेत कई अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई

इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने देश भक्ति पर आधारित कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये

संस्थान द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण और जीविकोपार्जन से जोड़ने का सफल प्रयास किया है संस्थान ने चीड़ के पिरूल आदि से विभिन्न उत्पादों का निर्माण करने का प्रशिक्षण देकर लोगों को स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है कार्यक्रम में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के प्रोफेसर रमन सुकुमार द्वारा मानव वन्यजीव संघर्षो के बीच दोराहे पर संरक्षण विषय पर व्याख्यान में मानव वन्यजीव संघर्ष के लिए जिम्मेदार कारक वन विखंडन की भूमिका को हाथी मानव संघर्ष के उदाहरण के साथ रेखांकित किया उन्होंने बताया कि विकास से जुड़ी गतिविधियों के कारण प्राकृतिक वनों में हो रहे लगातार विखंडन से वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक खाद्य संसाधनों की कमी हो रही है

कार्यक्रम में हिमालय की जैव विविधता को लेकर प्रजेंटेशन दिया गया